मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

साथ ही ये आकाशवाणी समाचार की वैबसाईट तथा न्यूज ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध होगा

चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सीमित उपलब्धता और मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टर राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये रेमडेसिविर इंजेक्शन को स्टॉक को तीन सदस्य समिति बनाकर आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर निजी क्षेत्र के अस्पतालों को देने का निर्णय ले सकेंगे श्री महाजन ने बताया कि इसके लिए आर एम ए सी एल से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी समिति अपने विवेक से इन दवाओं के उपयोग के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से ही केस द केस के आधार पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगी

रेमडेसिविर कोविड प्रबन्धन का एक हिस्सा है जिसकी उपयोगिता पहले सात दिन में सबसे अधिक है और आवश्यकता होने पर इसे दस दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है उन्होंने कहा कि यह एक एन्टीवायरल ड़ग है और संकमण के शुरूआती दिनों में कारगर साबित होता है संकमण अधिक फैलने पर लंग्स खराब होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कोरोना के हर मरीज को इसके इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है

आरसीएच निदेशक डॉ लक्ष्मण सिंह ओला को इसका प्रभारी बनाया गया है

केन्द्र ने निजी अस्पतालों औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्तालों की सेवा लेने को भी कहा है राज्यों को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई हैं

हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है